कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अट्ठारह वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आय वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक में कल देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढाने के उपायों की समीक्षा की गई इस्पात उद्योग रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल इकाइयों उद्योगों बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनायी जा रही है जो अपेक्षित शुद्वता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही हैं इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखनाल केंद्र स्थापित किए जा सकें ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुक्विा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके प्रायोगिक आधार पर ऐसे पांच केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा रही है केन्द्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब दस हजार बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं राष्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री ने प्रेशर स्विंग एडसोर्पशन पीएसए संयंत्रों की स्थापना की दिशा में प्रगति की भी समीक्षा की उन्हें बताया गया कि पीएम केयर्स पीएसयू और अन्य के योगदान के जरिये करीब एक हजार पांच सौ पीएसए संयंत्रों की स्थापना की जा रही है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संयंत्रों को तेजी से पूरा किया जाए बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव गृहसचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे

इस अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर ज्यादा लक्षणों वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें बिना टेस्ट के ही मेडिकल किट उपलब्ध करायेंगे उन्होंने बताया कि प्रदेश के नब्बे हजार से अधिक राजस्व गांवों में यह अभियान चलेगा एक अन्य जानकारी में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के अंतर्राज्जीय आवागमन पर रोक लगा दी गई है

श्री सहगल ने बताया कि कम संक्रमण वाले जिलों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है डीआरडीओ के नये कोविड अस्पताल में आक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था करा दी गई है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि एथनॉल और नाइट्रोजन प्लांट में भी आक्सीजन बनाई जाये उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिये हैं कि जिस तरह से टीम नाइन का गठन हुआ है उसी तर्ज पर जिलों में विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू की जाये जिलाधिकारी अपने कामों का बंटवारा कर हर काम के लिये एक अधिकारी नियुक्त करे जिसके बेहतर परिणाम सामने आयेंगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिलों में बेडों की संख्या दोगुनी करने की कार्रवाई तेज की जाये लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाये अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि जल्द ही केजीएमयू में डेढ़ सौ बेड कोविड मरीजों के लिये उपलब्ध हो जायेंगे इनके अलावा कैंसर हास्पिटल और डीआरडीओं द्वारा तैयार विशेष हास्पिटल भी जल्द क्रियाशील हो जायेंगे कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था आगामी पांच मई से शुरू की जायेगी इस बात की जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि धानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश के नव निर्माण में अपना सक्रिय योगदान करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्द है

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण पहली मई से शुरू हो गया है

केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वयंसेवी समूहों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहायता से सहायता डेस्क की व्यवस्था करने की सलाह दी है ये सहायता डेस्क अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की सहायता और अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के परिजनों के बीच समन्वय का काम कर सकते हैं केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना के बढते रोगियों के कारण देश में कुल मामलों की संख्या में लगातार वृद्वि हो रही है देश में संक्रमणमुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विजय जलूसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा

इससे पहले कल राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मतगणना की अनुमति दी थी न्यायालय ने यह भी कहा था कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसी प्रकार की रैली नहीं होगी